मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के उद्यमियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंचे रूस निवेश के अवसरों की करेंगे तलाश

प्रदेश भर में आज मनाया जा रहा है ईद उल अजहा यानी बकरीद का पर्व श्रावण मास के अंतिम सोमवार को शिवालयों में जलाभिषेक के लिए श्रद्वालुओं और कॉवड़ियों की लगी है भारी भीड केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को हटाने से प्रदेश में आतंकवाद का खात्मा होगा और राज्य विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेगा

गृहमंत्री कल चेन्नई में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पर एक प्रस्तक के विमोचन कार्यक्रम में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि देशहित में ही अनुच्छेद तीन सौ सत्तर हटाया गया है इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि जम्मू कर्मीर में हालात सामान्य है

लोग शांतिपूर्वक रह रहे हैं और उन्होंने स्वयं को नई व्यवस्थाओं के अनुरूप ढाल लिया है क्योंकि वे स्वयं चाहते थे कि ऐसा हो वास्तव में लोग अपने अधिकार फिर से प्राप्त करना चाहते थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल प्रदेश के उद्यमियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ रूस के व्लादिवोस्तोक पहुंचे उत्तर प्रदेश के साथ महाराष्ट्र गुजरात हरियाणा गोवा और असम के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में यह प्रतिनिधिमंडल रूस के दौरे पर गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज और कल रूस के व्लादिवोर्स्तोक का दौरा करेंगे इस दौरे का मकसद निवेश के अवसरों की तलाश और रूस के सुद्र पूर्व के राज्यों के साथ घनिष्ठ साझेदारियां विकसित करना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज होने वाले सत्र को संबोधित करेंगे इस सत्र को केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल समेत गुजरात गोवा महाराष्ट्र और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी संबोधित करेंगे उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल कृषि खाद्य प्रसंस्करण डेयरी ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में निवेश पर विचार विमर्श करेगा प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है पार्टी के विभिन्न वरिष्ठ नेता और मंत्री तथा सांसद इन अभियानों में हिस्सा ले रहे हैं उपमुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता केशव प्रसाद मौर्य ने सदस्यता अभियान से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि पार्टी से प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इस समय संगठन पर्व के रूप में सदस्यता का बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है दो दिन पहले तक के आंकड़े के अनुसार उप्रमें ही तीस करोड़ से अधिक सदस्य बन चुके हैं

वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता जगदंबिका पाल ने कहा कि पार्टी उन लोगों को भी सदस्य बना रही है जिन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया है सदस्यता कार्यक्रम के तहत सैकड़ों लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई केन्द्रीय कौशल विकास मंत्री डॉक्टर महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने कल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के एक कार्यक्रम के तहत प्रदेश में टायर फिटर को प्रमाणित करने के लिये वाराणसी से मोबाइल कौशल वैन को हरी झंडी दिखाकर खाना किया यह मोबाइल वैन ऑटो मैकेनिकों को कुशल बनाने के लिये शुरू की गई है

प्रदेश में अपर मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कल बांदा में यह जानकारी दी उन्होंने हवाई मार्ग से एक्सप्रेस ये के लिये अधिकृत की जा रही जमीन का निरीक्षण किया और बताया कि लगभग नब्बे प्रतिशत जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया जल्द ही शेष जमीन अधिग्रहीत कर कार्य शूर् किया जायेगा श्री अवस्थी ने चित्रकट्वाम की पूलिसिंग व्यवस्था की भी जानकारी ती और कहा कि पूरे प्रदेश में अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए तेजी के साथ प्रयास किया जा रहा है अपर मुख्य सचिव ने वक्षारोपण कर लोगों से ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की अपील की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद उल अजहा सावन के अंतिम सोमवार रक्षा बन्धन स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी पर्व पर प्रदेश में कानून व्यवस्था के संबंध में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध सुनिश्चित किये जाये मुख्यमंत्री ने त्यौहारों को शांतिपूर्ण ढंग से सम्मन्न कराने सुरक्षा प्रबंध चाक चौबन्द रखने तथा आसामाजिक तत्वों पर कड़ी निगाह रखने के निर्देश दिये हैं ईद उल अजहा यानी बकरीद का पर्व आज प्रदेश भर में परम्परागत ढंग से आस्था के साथ मनाया जा रहा है मस्जिदो में बकरीद की विशेष नमाज अदा की जा रही है ईद उल अजहा को अल्लाह की राह में कुर्बनी का पर्व बताया जाता है इस बीच बकरीद के त्योहार को देखते हुए विमिन्न स्थानों पर सुखा के व्यापक प्रबंध किए गये हैं विमिन्न राजनीतिक दलो के नेताओं ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को पर्व की बधाई दी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ईद उल अजहा पर लोगों को बघाई दी है राष्ट्रपति श्री कोविंद ने एक संदेश में कहा है कि ईद उल अजहा प्रेम भाईचारे और मानवता की सेवा का प्रतीक है श्री नायड् ने कहा कि ईद उल अजहा बलिदान का त्योहार है और इसे परम्परागत उल्लास के साथ भारत और पूरे विश्व में मनाया जाता है प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को ईद की बघाई दी है राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि ईद उल अजहा बलिदान का त्यौहार है यह लोगों को आपस में खुशियां बांटने और गरीब तथा वंचित लोगों की सहायता की प्रेरणा देता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संदेश में कहा है कि यह पर्व लोगों को सामाजिक सद्भाव और भाईचारा सिखाता है एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से लखनऊ सहित अन्य शहरों में नमाजियों की सुक्या को देखते हुए नमाज का समय अलग अलग रखा गया है राजधानी लखनऊ में मुख्य नमाज रेशबाग ईदगाह टीले वाली मस्जिद नदवातुल उतमा शाह मीना मस्जिद जामा मस्जिद सहित अन्य प्रमुख मस्जिदों में अता की जाएगी संवेदनशील स्थानों पर निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे स्थापित किए गए हैं इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को ईद की बघाई दी है राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि ईद उल अजहा बलिदान का त्यौहार है यह लोगों को आपस में खशियां बांटने और गरीब तथा वंचित लोगों की सहायता की प्रेरणा देता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संदेश में कहा है कि यह लोगों को सामाजिक सद्भाव और भाईचारा सिखाता है उन्होंने लोगों से शांति पूर्ण और सद्भाव के साथ त्यौहार मनाने की अपील की एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ आज श्रावण मास के चौथे और अंतिम सोमवार पर प्रदेश भर के सभी शिवालयों में ब्रम्हमूहर्त से ही श्रद्वाल और कॉवरिये भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं श्रद्वालुओं की भारी भीड़ के मद्देनजर प्रदेश में सुरक्षा के कई इंतजाम किये गये हैं वाराणसी में श्रद्वालु और कॉवरिये सुबह से ही देवाधिर्देव भगवान महादेव का जलानिषेक कर रहे हैं प्रशासन द्वारा सुरक्षा की चाक चौबन्द व्यवस्था की गयी है गाजीपुर जिले के कैथी स्थित मारकण्डेय महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्वालुओं द्वारा भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा रहा है अयोध्या में श्रावण मास के अंतिम सोमवार पर श्रद्वालु नागेश्वरनाथ क्षीरेखरनाथ शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलामिषेक कर पुजा अर्चना कर रहे हैं वित्रकूट में श्रद्वाल्ओं की मारी भीड़ लगी हई है और वहां के शिवमंदिरों में भक्तजन भगवान शिव की अराधना और जलामिषेक ब्रम्मुहूर्त से ही कर रहे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के विमिन्न शिवमंदिरों में भक्तों और कांवरियों द्वारा भगवान शिव का जलामिषेक किया जा रहा है